सीतामढ़ी मध्यबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण लोकसभा क्षेत्रों में डाले जायेंगे वोट

लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण में कल सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा इस चरण में लगभग अट्ठासी लाख मतदाता छह महिला समेत बयासी प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे पांचवें चरण में मुजफ्फरपुर सीट पर सबसे अधिक बाईस और हाजीपुर में सबसे कम ग्यारह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं सीतामढ़ी में बीस मधुबनी में सत्रह और सारण में बारह प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस चरण में जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी लोजपा के पश्पति कुमार पारस राजद के चंद्रिका राय और कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी शकील अहमद शामिल हैं इसके अलावा राजद के अर्जुन राय जदयू के सुनील कुमार पिंटू राजद के शिवचद्रं राम भाजपा के अजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी की भी किस्मत दांव पर है चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये तैयारियां पूरी कर ली है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस चरण में चौदह हजार दो सौ साठ बैलेट यूनिट की व्यवस्था रहेगी सभी क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान के लिए पैंसठ कार्मिक और चार हजार तीन सौ उनचास माइक्रो ऑब्जर्वर की चुनावी ड्यूटी में तैनाती की जा रही है वहीं चार सौ स्थानों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी उन्होंने बताया कि वैशाली और सारण के दियारा इलाके में घुड़सवार दस्ते और नाव से गश्ती की जाएगी सुरक्षा के मद्देनजर सीतामढ़ी और मध्बनी में नेपाल से लगनेवाली सीमा को सील कर दिया गया है निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी लोकसभा चूनाव के छठे और सातवें चरण के लिये एनडीए महागठबंधन और अन्य दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है इस सिलसिले में आज जद्य के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बगहा गोपालगंज नौतन भितहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब क्षेत्र में कई स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे वहीं भाकपा माले नेता कविता कृष्ण काराकाट संसदीय क्षेत्र में चूनाव प्रचार करेंगी साथ ही पार्टी महासचिव दिपांकर भट्टाचार्या सीवान में जनसभाओं को संबोधित करेंगे उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल शिवहर बेतिया सीवान और महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मूंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय के घोंघसा मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या तीन सौ उनतालीस और तीन सौ चालीस पर कल प्रनर्मतदान होगा चूनाव आयोग ने गड़बड़ी की शिकायत सही पाये जाने के बाद इन मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया था

लखीसराय जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने कर्तव्यहीनता और च्रनाव कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में शेखप्रा जिला के चार मतदान कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर ने आकाशवाणी को बताया कि ये सभी कर्मी उनतीस अप्रैल को मुंगेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत लखीसराय के दो मतदान केंद्रों पर तैनात किये गये थे इन पर आरोप है कि फर्जी मतदान की शिकायत मिलने पर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गौरतलब है कि चौथे चरण के मतदान के दिन लखीसराय के दो बूथों पर गडबडी को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आये थे राज्य में चक्रवाती तूफान फोनी का असर पूरी तरह समाप्त हो गया है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटे के दौरान तापमान में वृद्धि होगी विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि नौ मई तक पटना और गया का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है विभाग ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में छिटपूट बारिश की भी संभावना जतायी है पवित्र महीना रमजान का चांद आज देखे जाने की संभावना है चांद देखे जाने की सूचना प्राप्त करने और देने के लिये राजधानी पटना स्थित इमारत ए शरिया खानकाह मुजिबिया इदारे शरिया तथा अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थानों ने विशेष व्यवस्था की है अगर आज चांद दिख जाता है तो कल से मुबारक महीना शुरू हो जायेगा चांद नहीं देखे जाने पर मंगलवार से रमजान का पवित्र महीना शुरू होगा देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिये आज नेशनल इलीजिबिलिटी टेस्ट नीट का आयोजन किया जा रहा है परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आदेश जारी करते हुये कहा है कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ पहचान पत्र भी लाना जरूरी है पहचान पत्र में पैन कार्ड ड्राविंग लाइसेंस वोटर आईडी पासपोर्ट और आधार कार्ड लेकर आ सकते हैं दिन के दो बजे से आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये दोपहर बारह बजे से प्रवेश मिलेगा यूपीएससी की कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा में सारण के अभिषेक राज ने देशभर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है थल सेना और नौ सेना में अभिषेक ने प्रथम स्थान हासिल किया है औरंगाबाद जिले की पुलिस ने जाली आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और पैनकार्ड बनाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है इस सिलसिले में पुलिस ने गिरोह के सरगना शमशाद आलम को गिरफ्तार कर लिया है सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर में सूखे कुए में पांच बच्चे गिर गये इस घटना में चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गये पटना हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने एक छात्र को दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है राजधानी पटना के खगौल में खेली जा रही पूर्व मध्य रेलवे दानापूर मंडल अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता के एक मुकाबले में सिग्नल की टीम ने कमर्सियल विभाग को बाईस रनों से पराजित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचारों पत्रों ने अलग अलग सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पश्चिम चंपारण के रामनगर की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा प्रधानमंत्री ने कहा देश के खजाने पर किसी पंजे को नहीं पड़ने देंगे दैनिक भास्कर लिखता है मिशन दो हजार उन्नीस बिहार में हुयी पीएम की सातवीं चुनावी सभा वाल्मीकीनगर में विपक्ष पर जमकर बरसे दैनिक जागरण का शीर्षक है सत्तासी लाख मतदाता कल डालेंगे पांच सीटों पर बोट

आज चांद देखने का करे एहतमाम

सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण लोकसभा क्षेत्रों में डाले जायेंगे वोट